प्रदेश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को दिया जाएगा चांसलर अवार्ड राज्यपाल की ओर से मांगे गए आवेदन

इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने शहरी विकास के कार्यों की गति धीमी नहीं होने दी और अधूरे कार्यों को पूरे करने साथ साथ नई परियोजनाएं भी शुरू की हैं

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय वेबीनार को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान की धरती से विभिन्न खनिज भण्डारों की खोज और खनन कार्यों में आध्रनिकतम तकनीक का उपयोग कर स्थानीय निवासियों को इन कार्यों के लिए रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास पर भी फोकस किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि खनन गतिविधियों के बेहतर संचालन और मॉनिटरिंग के लिए बीते दिनों राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में काम करने के लिए निवेशकों को राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ पूरा सहयोग देने को तैयार है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आवासन मण्डल की योजना अपनी द्कान अपना व्यवसाय के फोल्डर का विमोचन किया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में इस आन्दोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने उचित द्री रखने और भीड़ भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा श्री गहलोत ने कल जयपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग इस जागरूकता अभियान का नोडल विभाग होगा लेकिन इसमें स्वास्थ्य शिक्षा युवा मामले और पुलिस विभागों के साथ साथ एनसीसी एनएसएस स्काउट एण्ड गाइड नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों के युवाओं स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों सामाजिक और सामूदायिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा आन्दोलन का संचालन गांधीवादी तरीके से समझाइश कर सार्वजनिक स्थानों पर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने और करवाने के रूप में किया जाएगा श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कम से कम एक महीने तक मास्क पहनने और उचित दूरी बनाने के संकल्प के साथ यह अभियान वास्तव में जनता का आंदोलन होना चाहिए जनता ही इसे आगे बढ़ाए

राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र चयनित विश्वविद्यालय को चांसलर मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे राज्य में इस तरह का यह पहला प्रयास है राज्यपाल ने कहा है कि इससे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का नया माहौल बनेगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी इससे राज्य के युवा वर्ग को लाभ मिलेगा और विश्वविद्यालयों का बेहतर तरीके से विकास होगा राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में राज्य के सभी राज्यवित्त पोषित विश्वविद्यालयों को पत्र भेजे गए हैं

किसानों को उम्मीद है कि उन्हें ना सिर्फ अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा बल्कि यो अपने उत्पादों को कहीं भी बेचने में स्वतंत्र होंगे

इस बीच प्रदेश भाजपा की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी ने कल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा